उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और स्वयं के घर के बीच सीघा संबंध है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉक्रॅस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में छह लाख दस हजार लाभार्थियों को लगभग दो हजार छः सौ इक्यानवे करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की इसमें पांच लाख तीस हजार लाभार्थियों को पहली किस्त और अस्सी हजार लाभार्थियों को जारी की गई दूसरी किस्त शामिल है प्रधानमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में क्ल बाईस लाख घर बनाए जाने हैं

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाये गए अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा सौ करोड़ घरों की चाबी लगी दी जा चुकी है प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आठ हजार पांच सौ से अधिक गांवों में निर्माण का काम पूरा हो गया है और इक्यावन हजार से अधिक लाभार्थियों को भूमि प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे गांवों में भूमि संबंधी कई मुद्दे सुलझ जाएंगे उन्होंने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा क्योंकि इससे उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और उनकी भूमि की कीमत भी बढ़ेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक चौदह लाख इकसठ हजार लाभार्थियों को मकान मिल चुके हैं और इस वर्ष सात लाख दस हजार आवेदन स्वीकृत किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रघानमंत्री आवास योजना शहरी भी हमें देखने को मिलता है यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जा सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने स अवसर पर खीरी चित्रकूट वाराणसी अयोध्या और सहारनपुर जिलों के लाभार्थियों से भी बात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सडक सुरक्षा के नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से इक्कीस जनवरीसे लेकर बीस फरवरी तक एक माह का अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह की सभी गतिविधियों को अन्तर्विभागीय समन्वय से संचालित किया जाय अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजना सुनिश्चित करे जिससे योजना के आगामी चरण की धनराशि समय से अवमुक्त हो सके

अरूणांचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माता प्रसाद का कल देर रात लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान में निधन हो गया

स्वर्गीय प्रसाद जौनपुर जिले के शाहगंज विघानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे जबकि दो बार उन्हें विधान परिषद सदस्य भी चुना गया उन्होंने एकलव्य खण्डकाव्य भीम शतक प्रबंधकाव्य राजनीति की अर्थ सतसई परिचय सतसई जैसी एक दर्जन से अधिक कृतियों का सुजन भी किया श्री प्रसाद के निधन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गहरा शोक जताया है